अम्बाला से हमारे संवाददाता के अनुसार इस मौके पर विधायक असीम गोयल मौजूद रहे

इस संदर्भ में महर्षि दयानंद विश्वविदयालय में आयोजित कार्यक्रम में सांसद डॉ अरविंद शर्मा और भारतीय जनता पार्टी व जन नायक जनता पार्टी के नेता मौजूद रहे इस मौके पर सांसद अरविंद शर्मा में विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात भी रखी पलवल मे इस सम्बध मे आयोजित कार्यक्रम खनन एवं परिवहवन मंत्री मूलचंद शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हये

इस मौके पर फतेहाबाद के विधायक द्ड़ा राम ने स्शासन से जन सेवा का एक और वर्ष नाम से एक प्स्तिका का विमोचन किया इस मौके पर टोहाना से विधायक देवेद्र बबली और रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा भी मौजूद रहे

हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक धनश्याम दास अरोड़ा ने सरकार की उपलब्धियों सम्बधी पृस्तिका का विमोचन किया और मुख्मंत्री का आभार प्रकट किया

हमारे संवाददाता ने बताया किय मौके पर मौजूद सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि सिरसा से बीजेपी का कोई विधायक न होने के बावूद मुख्मयंत्री ने बिना भेदभाव विकास की गति देने का काम किया है

आज पंचकुला अम्बाला और यम्नानगर में एक एक कोविड मरीज़ की मृत्यु भी हुई है

मास्क पहन कर ही बाहर जाएं और दो गज की द्री रखे द्रसरों को भी इसका महत्व बताए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पैदल सेना दिवस के अवसर पर बहादुर इंफेंट्री के सभी अधिकारियों को बधाई दी है एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा करने में पैदल सेना दवारा निभाई गई भूमिका पर देश को गर्व है उन्होंने कहा कि सैनिकों की बहादुरी लाखों लोगों को प्रेरित कर रह है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज सरकार का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर हिसार में एकीकृत विमानन हब के द्रसरे चरण के विस्तार हेत् भूमि पूजन किया पूजन के बाद मिटटी हटाकर साकेतिक तौर पर कार्य का शुभारंभ किया

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिसार को विमानन हब बनाने के लिए हरियाणा सरकार का यह एक विशाल परियोजना है जिस पर विमानन संबंधित अनेक गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना को चरणबदध तरीके से पूरा किया जाएगा

सिरसा जिला में प्लिस के नशा विरोधी प्रकोष्ठ की टीम ने चंडीगढ़िया मोहल्ला से एक य्वक को एक किलोग्राम गांजा पती के साथ काबू किया है नशा विरोधी प्रकोष्ठ के प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि पकड़े गए युवक की पहचान सिरसा निवासी कालू उर्फ अमित के रुप में हई है उन्होंने बताया कि प्लिस ने पकड़े गए य्वक से नशा आपूर्ति करने वाले का नाम पता मालूम कर दो लोगों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर मुख्य आरोपी की तलाश शुरु कर दी है